चिदम्बरम ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए न्यायाधीश एन वी रमन्ना एम शांत नागौदर और न्यायाधीश अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी पीठ ने कहा कि मामले को विचार के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जायेगा चिदम्बरम ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय दवारा आंतरिम ज़मानत याचिका खारिज किये जाने के बाद शीर्ष न्यायालय में अपनी अपील दायर की थी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की टीम कल चिदम्बरम के आवास पर चार बार गई थी हालांकि चिदम्बरम का अभी कुछ पता नही है सीबीआई ने कल रात उनके आवास पर नोटिस भी चसपा किया था और उन्हें दो घंटे के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा था

कांग्रेस नेता के खिलाफ जारी किये गये इस नोटिस को हवाई अड्डो बंदरगाहों सहित कानून लागू करने वाले वाली सभी एजेंसियों को भेजा गया है नोटिस में कहा गया है कि अगर वे इन स्थानों पर मिले तो तुरंत प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया जाये और प्रवर्तन निदेशालय की अनुमति के बिना उन्हें देश से बाहर न जाने दिया जाये प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियो ने कहा कि कांग्रेस नेता के उपस्थित न होने पर एहतियात के तौर पर यह उपाय किये जा रहे है

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से ऑन लाइन पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो गई है अब बीपीएल परिवारों के लिए किसी विशेष सर्वेक्षण की जरूरत नहीं होगी

इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हये उन्होंने कहा कि यमूना नदी में दो दिन पहले सवा आठ लाख क्यूसिक पानी पहंच गया था जो अब सोनीपत से आगे निकल गया है और अब यम्नानगर क्रूक्षेत्र अम्बाला व करनाल जिलों के खेतों से पानी कम होने से स्थिति सुधर रही है

उधर रोहतक में भी करीब तीन हजार लाभार्थियों को बीपीएल कार्डबांटे गए

इस विषय मे जेल विभाग को सभी आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए गए है

करनाल जेल अधीक्षक शेर सिंह के अन्सार जेल मेन्य्ल में इन बंदियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि इन कैदियों को यहां आने के बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो दूसरे बंदियों से भी इन्हें अलग रखा जाएगा

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर में साढ़े चार सौ से ज्यादा ईएसआई अस्पताल है और बाकी जिलों में ऐसे अस्पताल शीघ्र ही खोले जाने की योजना है आज हैदराबाद में एक नये ओपीडी भवन की आधारशिला और ईएसआई मेडिकल कालेज व अस्पतालों के लोकार्पण करते हुए उन्होंने यह बात कही उन्होंने कहा कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए कई उपाय किये है

निर्मला ने वििन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते है प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने निर्मला को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा प्लिस के जवान न केवल और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे है बल्कि पदक तालिका में भी अपना स्थान बना रहे है

प्लिस प्रवक्ता ने बताया कि पांचों आरोपियों को मौके पर ही काबू कर लिया गया आरोपियों की पहचान भवाडी निवासी राजपाल और विजयपाल ग्रूग्राम जिले के निवासी वीरेन्द्र मुंबिया खेड़ा के निवासी हवा सिंह तथा मध्यप्रदेश निवासी राजेश के रूप में हई है प्लिस ने आरोपियों के अलावा गोदाम मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है प्रवकता ने बताया कि आरोपी कमालप्र के निकट चालकों की मिली भगत से टैंकरों से तेल चोरी करते थे वे टैंकर चालकों दवारा चोरी किए गये तेल को सस्ते भाव पर खरीदकर राजस्थान में मंहगे दाम पर बेचते थे फरीदाबाद पुलिस के एसीपी सराय मोजीराम ने कल बसंतपुर गांव के पास बाढ़ के पानी मे ड्रब रहे व्यक्ति की जान बचाई इसके लिए वो अपनी वर्दी उतार कर पानी में कृद गये बचाये गये व्यक्ति का नाम अवनेश है और वह बदांयू का रहने वाला है इसे उनके माता पिता को सौंप दिया गया जबकि मोजीराम को इस व्यक्ति को इबने की जानकारी मिली उसी समय वे एसएचओ के साथ बांध पर गश्त करे रहे थे प्लिस प्रवकता सुबे सिंह ने बताया कि प्लिस आय्क्त श्री संजय क्मार ने कहा कि उनके द्वारा साहसिक कार्य के बारे में हरियाणा प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव को बताया गया है उनका नाम लाईफ सेविंग अवार्ड के लिए भेजा जायेंगा